प्रदेश में विलायती बबूल के पेड़ हटाकर फलदार पौधे लगाए जाएंगे राज्य सरकार ने तैयार की कार्य योजना प्रदेश में बच्चों में खसरा और रूबेला की रोकथाम के लिए कल से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा

इससे पहले उनकी पार्थिव देह कांग्रेस कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है

दिल्ली में लगातार तीन कार्यकाल पूरा करने वाली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को राष्ट्रीय राजधानी को आध्रनिक नगर बनाने का श्रेय जाता है

प्रक्षेपण की तैयारियां आन्ध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र के दूसरे लांच पैड पर चल रही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरों के अनुसार प्रक्षेपण की उल्टी गिनती की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है

इसके तहत एक बांध बनाकर और रावी व्यास द्वितीय चैनल बनाने के लिए सर्वे हो गया है राजस्थान कैनाल में प्रदेश के हिस्से का अतिरिक्त पानी लेने के लिए भी योजना तैयार की गई है श्री शेखावत ने कल जोधपुर जिले के लोहावट में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि कृछ स्वीकृतियां मिलने के बाद यह योजना कैबिनेट से मंजूर होगी और इसके बाद धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा

इसके अलावा साबरमती बेसिन से समुद्र में बहकर जाने वाले पानी को कालिबोर से पम्पोर और उससे आगे सेई में नया बांध बनाकर पाली जिले के जवाई बांध में लाने की योजना बनाई जा रही है

इसके चलते जैसलमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क में अब तक पांच गोडावण क्रेत्रिम तरीके से पैदा किए जा चुके हैं जबकि दो अंडों की हैचिंग के प्रयास चल रहे हैं

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अंतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कोर्ट को पूरी जानकारी दी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने हैदराबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित करते हए कहा कि इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हैं आयुष्मान भारत कार्यक्रम सबके लिये स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का एक सफल मॉडल है उन्होंने परिषद के वैज्ञानिकों और अधिकारियों से खासकर असाधारण जीन आनुवांशिक रोगों के निदान के लिये मौलिक पहल करने और सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की

उन्होंने यह भी बताया कि नया राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद विधेयक संसद में कल पेश किया जाएगा

इस अभियान में आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा

इसके तहत सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस खान और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हए भारजा गद्दी गांव में दो जगह नौ सौ टन बजरी जब्त की सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने अवैध बजरी खनन में लगे कई वाहनों को जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है